प्रदेश में लगातार बढते तापमान के बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर बीकानेर जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो क्षेत्र हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीमित आर्थिक गतिविधियों का संचालन होगा

जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होने के बाद कल शिप्रापथ थाना क्षेत्र में कफर्यू लगा दिया गया है शहर के परकोटे समेत कई अन्य इलाकों में पहले से ही कफर्यू जारी है तथा पुलिस द्वारा इन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है

केबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि पूर्णबंदी से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी फंसे हुए व्यक्तियों तथा श्रमिकों की मदद सुनिश्चित की जानी चाहिए पत्र में राज्य सरकारों से सभी जिला कलेक्टरों को मौजूदा स्थिति की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है

इसी योजना के प्रतापगढ़ जिले के एक लाभार्थी ने संकट की इस घडी में केन्द्र की इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

इस कार्य में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी पीछे नहीं हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी इस मुहिम में अपना योगदान दे रहा है कॉर्पोरेशन ने अनुबंधित श्रमिकों कामगारों दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं निगम के महारानी बाग भीनमाल और कोटपुतली स्थित सब स्टेशनों द्वारा आस पास के गांवों के लोगों को खाद्य सामग्री किराने का सामान पका हुआ भोजन और व्यक्तिगत साफ सफाई से जुड़ी वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं